दोनों प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस बैठकों व सम्मेलनों का आयोजन कर अपने अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे है वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज कांगड़ा के जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के अलावा युवा मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र चिंतपूर्णी व देहरा में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलनों को संबोधित करेंगे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कप्र क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिलकर प्रचार करेंगे इसी तरह मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा आनी निर्वाचन क्षेत्र में युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप पच्छाद और रेणुकाजी में जनसम्पर्क अभियान के तहत चुनाव जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आज मंडी में संसदीय क्षेत्र की आमसभा को संबोधित करेंगे इस दौरान पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा भी मौजूद रहेंगे सोलन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल धनी राम शांडिल आज नाहन में सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में उपस्थित रहेंगे

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने कल शाहपुर के मकरोटी गांव में एक चुनावी जनसभा में प्रदेश सरकार पर गरीब और बेरोज़गार विरोधी का आरोप लगाया उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है

चनाव प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के अलावा दिव्यांग मतदाताओं को सभी सुविधाएं जुटाने के लिये प्रबंध किये जा रहे हैं ऊना के ज़िला निर्वाचन अधिकारी राकेश क्मार प्रजापति ने ज़िले के सभी पांच सौ बारह ब्रथ स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करयुवा मतदाताओं का अधिक से अधिक पंजीकरण करने को कहा है उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा इधर सोलन में दिव्यांगजनों को मतदान की सुविधाएं देने के उद्देश्य से ज़िला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है राजेश्वर गोयल शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनेतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया है वे कल शिमला में लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मदीवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च एवं लेखा जोखा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने पारदर्शी और निर्विध्न चुनाव सम्पन्न कराने के लिए नियमों के मुताबिक काम करने का सभी से आहवान किया नवरात्र चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है माना जाता है कि माता का यह स्वरूप भक्तों को रोग शोक और विनाश से मुक्त कर आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करता है अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कृष्मांडा पड़ा माता के इस स्वरूप के दर्शनों के लिए शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मियों को रैगुलर करने की इजाज़त आयोग ने इसका बखान न करने की शर्त के साथ दी इजाज़त दिव्य हिमाचल का शीर्षक है दिहाड़ीदार अनुबंध कर्मी होंगे पक्के हिमाचल सरकार के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग ने लगाई मुहर दैनिक जागरण के शब्द हैं पांच हजार कर्मचारी हुए नियमित दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक आचार संहिता में नियमित हो सकेंगे दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मी जबकि दैनिक भास्कर लिखता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है कांग्रेस का प्रचार किया तो अनिल की विधायक पद से भी होगी छुट्टी इसी अखबार ने अनिल शर्मा के बयान को शीर्षक दिया है सीएम कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा अमर उजाला के शब्द हैं सीएम इस्तीफा मांगें मैं देने को तैयार कहा खुद नहीं छोड़ेंगे पद मनमानी की तो निजी स्कूलों पर अब सीधा एक्शन शिक्षा निदेशक ने छात्र अभिभावक मंच को दिया आश्वासन हिमाचल दस्तक की खबर है इसी खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है निजी स्कूलों को वापस करनी होगी अधिक वसूली फीस